शिखर सम्मेलन के पूर्ण सत्र को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने अंग्रेजी के सिक्योर शब्द की परिभाषा सुरक्षा आर्थिक विकास क्षेत्रीय संपर्क लोगों की एकजूटता अन्य राष्ट्रों के प्रति सम्मान की भावना और पर्यावरणीय संरक्षण के रुप में की पश्चिमी मामलों की सचिव रुचि घनश्याम ने संवाददाताओं को बताया कि श्री मोदी ने भारत और एस सी ओ देशों के बीच पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए संगठन के देशों में बौद्ध स्थलों पर खान पान महोत्सव और प्रदर्शनी आयोजित करने का प्रस्ताव किया है उन्होंने कहा कि एस सी ओ देशों ने बाईस दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किये है इनमें युवाओं को कट्टर बनाने से रोकने और नशीले पदार्थों की रोकथाम शामिल हैं कल श्री मोदी ने दो दिन कि यात्रा पर किंगदाओं पहुंचने पर चीन के राष्ट्रपति से मुलाकात की दोनों देशो के बीच दो समझौतों पर हस्ताक्षर किये गये ये समझौते बाढ़ के दौरान ब्रह्मपुत्र के जल संबंधी आंकड़े साझा करने और चीन को गैर बासमती चावल निर्यात करने से संबंधित है दोनों देशों में दो हजार बीस तक व्यापार बढ़ाकर सौ अरब डॉलर करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया सरकार आपके द्वार यानि सरकार की योजनाएं जन जन तक पहुंचाने के कदम के तहत दोरजी खांडू कनवेंशन सेंटर ईटानगर में पहली बार कल जन सुनवाई सम्मेलन आयोजित किया गया इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने किया उन्होंने डिजिटली तैयार किए गए एस टी पी आर सी और एल पी सर्टिफिकेट मैरिज और कई अन्य महत्वपूर्ण प्रमाण पत्र वितरित किया जन सुनवाई सम्मेलन में जीएसटी रेजिस्ट्रेशन बिजली के नए कनेक्शन बिल रिचार्ज नए जल आपूर्ति कनेक्शन ट्रेडिंग लांईसेंस विभिन्न आवश्यक प्रमाणपत्र केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रदान करने के लिए सरकार के सत्ताईस विभागों के स्टॉल लगाए गए थे इस मुख्य उद्देश्य नागरिकों को एक ही जगह पर सभी सरकारी सुविधाएं प्रदान करना था राज्य सरकार इस चालू वित्त वर्ष के बजट में जन सुनवाई सम्मेलन का प्रावधान किया था राज्य सरकार ने सभी जिला उपायुक्तों को जन शिकायतों के निपटारे के लिए प्रत्येक महीने की पहली तारीख को जनसुनवाई सम्मेलन आयोजित करने का निर्देश दिया था असम पूलिस ने कहा है कि राज्य में सोशल मीडिया के माध्यम से अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी प्रलिस महानिदेशक कुलाधर सैकिया ने लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और इस बारे में प्रलिस को सूचित करें

पुलिस ने इस मामले में सोलह लोगों को गिरफ्तार किया है मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने पुलिस को इस घटना की जांच के आदेश दे दिए है केंद्र सरकार ने निजी क्षेत्र के क्रशल लोगों के लिए नौकरशाही के उच्च स्तर के पदों के द्वार खोलते हुए दस शीर्ष पदों पर आवेदन आमंत्रित किये है राजस्व वित्तीय सेवाएं आर्थिक मामले कृषि वाणिज्य और नागरिक उड़डयन विभागों में संयुक्त सचिव पद के लिए आवेदन मांगे गए है केंद्रीय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने एक अधिसूचना में कहा है कि ये नियुक्तियां अनुबंध के आधार पर तीन से पांच वर्ष के लिए की जाएगी इन नियुक्तियों के लिए निजी क्षेत्र की कंपनियों स्वायत्व संस्थाओं वैधानिक संगठनों में समकक्ष पदों पर कम से कम पंद्रह वर्ष का कार्य अनुभव रखने वाले लोग योग्य है इसके अलावा किसी राज्य और केंद्र शासित क्षेत्रों में समान पदों पर काम करने वाले तथा अनुभव रखने वाले अधिकारी भी इन पदों के लिए आवेदन कर सकते है इस पदों के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया इस महीने की पंद्रह तारीख से शुरु होगी और तीस जुलाई तक चलेगी संयुक्त सचिव का पद सरकार के उच्च स्तर के प्रबंधन में महत्वपूर्ण है और ये अधिकारी नीति निर्माण की प्रक्रिया तथा विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं के कार्यान्वयन में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं सामान्य तौर पर इन पदों को संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में उत्तीर्ण करने के बाद नियुक्त किए गए अधिकारियों के जरिए भरा जाता है केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि देश इस वर्ष कुष्ठ रोग से और अगले वर्ष तक काला आजार से मुक्त हो जाएगा उत्तर प्रदेश के बलिया में कल श्री नड्डा ने कहा कि भारत में मृत्यु दर में कमी आयी है उन्होंने विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए स्पष्ट किया कि टिटनस और बच्चों की अन्य बीमारियां अब नियंत्रण में है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मातृ मृत्यु दर के अनुपात एम एम आर में सतहत्तर प्रतिशत गिरावट होने पर भारत की सराहना की है भारत में मातृ मृत्यू दर वर्ष उन्नीस सौ नब्बे में पांच सौ छप्पन प्रति लाख़ जीवित जन्म थी जो दो हजार सोलह में घटकर एक सौ तीस प्रति लाख़ हो गई है संगठन ने कहा कि मातृ मृत्यू दर में गिरावट के मामले में भारत सही दिशा में आगे बढ़ रहा है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

आज का अधिकतम तापमान अड़तीस दशमलव पांच डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान छब्बीस दशमलव तीन डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया